हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर अलर्ट

पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव सुपौल के बलुआ बाजार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया

बलुआ बाजार में दिवंगत नेता के सम्मान में आज बाजार बंद रहा और भारी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शमशान स्थल पर जमा हये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद राज्य सरकार के मंत्री मंगल पांडेय समेत कई गणमान्य लोगों ने दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन किये और उन्हें श्रद्वांजलि दी अंत्येष्टि स्थल पर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी सांसद गोपालजी ठाकुर दिलेश्वर कामत रामप्रित मंडल विधायक लेसी सिंह रमेश ऋषिदेव नीरज कुमार बबलू और पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर भी उपस्थित थे अंतिम संस्कार से पूर्व डॉक्टर मिश्र का पार्थिव शरीर सुपौल स्थित उनके निवास स्थल पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिये रखा गया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का सोमवार को लम्बी बीमारी के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री बने साथ ही केन्द्र में नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री भी रहे सारण जिले के मरौढ़ा थाना क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक के पास अपराधियों के साथ हुई हुयी मुठभेड़ में शहीद हुये दारोगा मिथिलेश कुमार साह और सिपाही मोहम्मद अफरोज को सलामी दी गयी पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित पुलिस लाइन पहुंच कर मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सलामी दी इधर शहीद दारोगा मिथिलेश कुमार साह का अंतिम संस्कार आरा के मोहली घाट पर किया गया इस दौरान भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में शहीद जवान लांसनायक रविरंजन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर कल सासाराम स्थित उनके पैतृक गांव लाया जायेगा शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा शहीद रविरंजन डिहरी थाना क्षेत्र के गोपीबिगहा के रहने वाले थे एके सैंतालीस राईफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में गृह मंत्रालय ने मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है इसके साथ ही देश के सभी हवाई अड्डों रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है इधर एसआईटी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने विधायक के करीबी लल्लू मुखिया के घर की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाया इस दौरान स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुये सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किये गये थे एसआईटी अनंत सिंह की सम्पत्ति जब्त करने की भी तैयारी कर रही है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह से अपनी जान को खतरा बता कर डीजीपी से सुरक्षा की मांग की है प्रलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में श्री दास ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि अनंत सिंह उनकी हत्या करा सकते है इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाये गौरतलब है कि श्री दास ने ही मार्च दो हजार नौ में अनंत सिंह के लदमा स्थित निवास में एके सैंतालीस होने की गोपनीय रिपोर्ट तत्कालीन बिहार निर्वाचन पदाधिकारी सुधीर कुमार राकेश को दी थी रेलवे ने अपनी सभी इकाइयों को इस वर्ष दो अक्टूबर से पचास माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के सामानों पर प्रतिबंध को लागू करने का निर्देश दिया है रेलवे ने यह निर्देश देश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल बंद करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को देखते हुए जारी किया है प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए दो अक्टूबर को शपथ दिलाई जाएगी केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार देश के प्रत्येक जिले में ईएसआई अस्पताल बनाने की योजना बना रही है उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में साढे चार सौ ईएसआई अस्पताल हैं और बाकी जिलों में भी ऐसे अस्पताल शीघ्र ही खोले जाने की योजना है आज हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में आकाश में बादल छाये हये हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से तेज बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक सात सेंटीमीटर बारिश औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर और पूर्णियां समेत राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की सम्भावना है इधर पहाड़ों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश के कारण राज्य में गंगा का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गयी है जिसके कारण दियारा क्षेत्र के कई प्रखंडों में प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है बेगूसराय के रूपनगर में नदी के तटीय इलाकों में कटाव के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है बिहार प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही है बेगूसराय के बछवाड़ा से कांग्रेस विधायक रामदेव राय ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर पार्टी के सिंद्वातों और आदर्शों से समझौता करने का आरोप लगाया है पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुये रामदेव राय ने कहा कि पार्टी में योग्यता की जगह जाति समीकरण को तरजीह दी जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में बेहतर नेतृत्व की कमी है जिसके कारण कार्यकर्ताओं का उत्साह खत्म हो रहा है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एसडीओ रोड के पास अपराधियों ने गैस एजेंसी कर्मी से साढ़े चार लाख रूपये लूट लिये सूत्रों के अनुसार घटना के समय एजेंसी कर्मी बैंक में रूपये जमा कराने जा रहा था पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वहीं जिले के एक अन्य स्थान पर मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने एक मार्बल कारोबारी से लगभग ढ़ाई लाख रूपये लूट लिये पटना नगर निगम की वार्ड पार्षद पिंकी कुमारी ने राज्य महिला आयोग में महापौर के बेटे के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करायी है कल इसी मसले को लेकर नगर निगम बोर्ड की बैठक में भारी हंगामा हुआ था इधर महापौर पुत्र ने कदमकुआं थाने में वार्ड पार्षद पिंकी कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उनहत्तरवीं बैठक कल पटना में आयोजित की जायेगी उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर एम के जैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक को संबोधित करेंगे बैठक में मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस की प्रथम तिमाही में विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य में वितरित किये गये ऋण की समीक्षा की जायेगी समस्तीपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी आकाश ठाकुर का चयन भारतीय जूनियर टीम में किया गया है वे आगामी उनतीस अगस्त से एक सितम्बर तक पुणे में आयोजित की जा रही इंडिया जूनियर इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे यह जानकारी समस्तीपुर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव तरूण कुमार ने दी मुजफ्फरपुर जिल के मनियारी थाना क्षेत्र के उत्पाद विभाग की टीम ने चार सौ बयालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया टीम ने एक लाइनर को भी गिरफ्तार किया गया है भाजपा का सदस्यता अभियान अब पच्चीस अगस्त तक चलेगा पार्टी के बिहार अभियान प्रमुख राधा मोहन शर्मा ने सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ाये जाने की जानकारी दी बक्सर जिले के मॉडल थाना क्षेत्र अन्तर्गत स्थित अदालत के पास अपराधियों ने अधिवक्ता चितरंजन सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी पुलिस मामले की जांच कर रही है अरवल के जिलाधिकारी ने बताया है कि जिले में अभी तक सतासी प्रतिशत धान की रोपनी हो चुकी है उन्होंने कहा कि गैर नहरीय क्षेत्र में रोपनी का कार्य चल रहा है जिसके लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करायी जा रही है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन

हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर अलर्ट